प्रदेश में शुरू हुई गंगा यात्रा को मिल रहा भारी जन समर्थन उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने लोगों से गंगा को अविरल और निर्मल बनाए रखने का किया आह्वान केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस के लक्षण दिखने पर लोगों से तत्काल राष्ट्रीय हेल्य लाइन पर सम्पर्क करने की अपील की मौसम विभाग ने प्रदेश के क्छ हिस्सों में आज बूंदाबांदी और बारिश की सम्भावना जताई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि पड़ोसी देशों में प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भाजपा द्वारा दिये गये आश्वासन की पूर्ति के लिए सरकार नागरिकता संशोधन अधिनियम लेकर आई है कल नई दिल्ली में एन सी सी कैडेटों की रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा पाकिस्तान में बांग्लादेश में अफगानिस्तान में रह रहे हिन्दुओं सिखों से ये बादा किया था कि अगर उन्हें जरूरत होगी तो वो भारत आ सकते हैं भारत के पुराने वायदे को पूरा करने के लिए आज जब हमारी सरकार सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आई हैं तो कुछ राजनीतिक दल अपने वोट बैंक पर कब्जा करने की स्पर्धा में लगे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि कश्मीर समस्या स्वतंत्रता के समय से ही मौजूद थी और वहां आतंकवाद भी पनप रहा था प्रधानमंत्री ने कहा कि देश अब एक नई दृष्टि के साथ आगे बढ़ रहा है और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक और हवाई हमले कर रहा है उन्होंने कहा कि सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि समूचे देश में अब शांति का नया माहौल है प्रधानमंत्री ने कहा कि देश सख्ती से विघटनवाद का मुकाबला कर रहा है और इसे पूरी तरह से पराजित करेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार पूर्वोत्तर की आकांक्राओं को पूरा करने में सफल रही है जिसे दशकों तक नजरअंदाज किया गया था अपनी अपनी मांगों की वजह से नॉर्थ ईस्ट में कई उप्रवादी संगठन पैदा हो गये इन संगठनों का लोकतंत्र में विश्वास नहीं था हमने एक तरफ नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए अमृतपूर्व योजनाओं की शुरूआत की और दूसरी तरफ बहुत ही फूले मन और खुले दिल के साथ समी स्टेकहोल्डर्स के साथ बातचीत शुरू की बोर्डा समझौता आज इसी का परिणाम है प्रदेश में बिजनौर और बलिया से शुरू हुई गंगा यात्रा को भारी जन समर्थन मिल रहा है जगह जगह लोग गंगा यात्रा के रथों का स्वागत करने के लिए उमड़ रहे हैं केन्द्र और राज्य सरकार के कई मंत्री भी गंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं प्रदेश सरकार ने गंगा को स्वच्छ रखने का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए पांच दिवसीय गंगा यात्रा शुरू की है विजनौर से शुरू हुई गंगा यात्रा कल मेरठ के मवाना तहसील के हस्तिनापुर पहुंची जहां प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा केंद्रीय मंत्री साब्वी निरंजन ज्योति प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा एवं अन्य मंत्रियों ने यात्रा का स्वागत किया इस अवसर पर गंगा किनारे पूजन और आरती की गयी उप मुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा ने लोगों को संबोधित करते हुए उनसे गंगा को अविरल और निर्मल बनाने के लिए सहयोग की अपील की उन्होंने कहा कि गंगा किनारे जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए गंगा नर्सरी बनाई जाएंगी श्री शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशान्सार गंगा किनारे के गांवों में विकास के कई कार्य किए जाएंगे उन्होंने कहा कि गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए उन्यासी विशाल नालों को नदी में गिरने से रोका गया है और पच्चीस अन्य को रोकने का कार्य जारी है मेरठ के हस्तिनापुर से गंगा यात्रा हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर पहुंची जहां ब्रज घाट पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा केन्द्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने गंगा आरती में भाग लिया गंगा यात्रा आज सम्भल के गुन्नौर पहंचेगी जहां प्रदेश सरकार के मंत्री सुरेरा कुमार खन्ना राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख सहित कई मंत्री और गणमान्य व्यक्ति गंगा यात्रा का स्वागत करेंगे बदायू के कछला घाट पर भी गंगा यात्रा के स्वागत में आज कार्यक्रम का आयोजन होगा उधर बलिया से श्रू हई गंगा यात्रा का रथ कल वाराणसी पहंचा जहां राजघाट स्थित भैसासुर घाट पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस कार्यक्रम में केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत केन्द्रीय मंत्री डॉक्टर महेन्द्र नाथ पाण्डेय प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य नगर विकास मंत्री आश्तोष टण्डन कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अनिल राजभर और पर्यटन एवं धर्मार्थ कार्य राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर नीलकण्ड तिवारी सहित कई मंत्री उपस्थित थे कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने में गंगा का महत्वपूर्ण योगदान है उन्होंने कहा कि प्र्यानमंत्री नरेन्द्र मोदी का संकल्प है कि गंगा नदी फिर से अविरल और निर्मल हो और इसलिए इस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं उन्होंने कहा कि आज गंगा अपने पुराने स्वरूप को फिर से प्राप्त कर रही है उन्होंने गंगा के निर्मलता को जन जन का विषय बनाने का भी आह्वान किया गंगा यात्रा आज मिर्जापुर पहुंचेगी गंगा यात्रा का समापन इकत्तीस जनवरी को कानपुर में होगा प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेन्द्र सिंह ने इकत्तीस जनवरी को कानपुर में आयोजित होने वाले समापन समारोह की तैयारियों का कल जायजा लिया केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र सरकार हमेशा सभी राज्यों से बेहतर समन्वय स्थापित करना चाहती है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सेंट्रल जोनल परिषद की बाईसवीं बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों की बेहतरी के लिए उन्हें हर संभव सहयोग देगी उन्होंने कहा कि केंद्र संविधान की भावना के अनुरुप राज्यों के साथ सभी मुद्दों का समाधान करने का प्रयास कर रहा है प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस बैठक में भाग लिया केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से कहा है कि ये कोरोना वायरस से संबंधित लक्षण दिखने पर तत्काल राष्ट्रीय हेल्यलाईन पर संपर्क करें इसका नम्बर है शुन्य एक एक दो तीन नौ सात आठ शुन्य चार छः स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश के विभिन्न हवाई अड्डों पर अब तक करीब पैंतीस हजार यात्रियों की कोरोना वायरस संबंधी जांच की जा चुकी है देश में एनआईबी पुषे के बाद चार और स्थानों पर वायस्त के टैस्टिंग के लिए फोसिलिटिज क्रिएट कर दी गई है इनमें और आने वाले कुछ ही दिनों में ये दस स्थानों पर वायरस को टैस्ट करने की फेसिलिटिज होगी सभी ऐसे संबंधित शहरों में हॉस्पिटल्स में आइसोलेशन के लिए अच्छे क्वालिटी के जरूरत पड़ने पर ट्रीटमेंट के लिए उनको सर्वलैंस में रखने के लिए उनको स्पेशल बैड्स क्रिएट कर दिये गये हैं केन्द्रीय पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि रामसर सम्मेलन ने देश के दस और नम भूमि क्षेत्रों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व का क्षेत्र घोषित किया है उन्होंने कहा कि यह सरकार के नम भूमि और पर्यावरण संरक्षण के उपायों का महत्वपूर्ण सम्मान है इसके साथ ही अब देश के कुल सैंतीस क्षेत्र रामसर सम्मेलन द्वारा मान्यता प्राप्त हो गये हैं इस सम्मेलन के तहत आने वाले क्षेत्रों का संरक्षण कड़े दिशा निर्दशों के तहत किया जाता है रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने गणतंत्र दिवस परेड दो हजार बीस में शामिल सर्वश्रेष्ठ झांकियों को कल नई दिल्ली में पुरस्कार प्रदान किये इसमें उत्तर प्रदेश की झांकी को ओडिशा के साथ संयुक्त रूप से दूसरा स्थान मिला पहले स्थान पर असम की झांकी रही मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज हल्की बूंदाबांदी और बारिश की सम्भावना जताई है विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ फिर से सक्रिय हो गया है जिसके कारण आगामी कुछ दिनों तक प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर हल्की बूंदावादी हो सकती है कल पीलीमीत और आस पास के क्षेत्रों में बारिश होने से ठण्ड में फिर से बढ़ोत्तरी हुई है सिद्वार्थनगर में भी कल रात से बूंदाबांदी होने के समाचार हैं